इस सम्मेलन का विषय है सतर्क भारत समृद्ध भारत इसका आयोजन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने किया है यह आयोजन सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर हो रहा है

केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह सम्मेलन के उदघाटन सत्र को संबोधित करेंगे विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे यह सम्मेलन नीति निर्माताओं और अन्य संबंधित पक्षों को व्यवस्थित सुधारों और निवारक सतर्कता उपायों के जरिये भ्रष्टाचार से निपटने में समर्थ होने के लिए साझा मंच उपलब्ध कराता है

जिसमें रैलियों और सभाओं पर रोक लगाई गई थी हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी

चुनाव प्रचार प्रदेश में उपच्नाव के लिए प्रचार जोर शोर से जारी है केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज मुरैना में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया

पूर्व केन्द्रीय मंत्री उमा भारती ने सागर जिले की सुरखी में भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में भारत को आत्मनिर्मर बनाने का संकल्प लिया है जिसे सभी को मिलकर पूरा करना है चुनाव तैयारी प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही है सागर जिले की सुरखी विधानसभा क्षेत्र में दीप प्रज्जवलन रंगोली और मानव श्रृंखला का आयोजन कर आज लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया उधर देवास के हाट पिल्लया में मतदाताओं को नेहरू युवा केन्द्र द्वारा मतदान की शपथ दिलाई गई रायसेन में जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज सांची विधानसभा क्षेत्र में स्वीप गतिविधियों की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने मतदान केन्द्रों पर सभी बुनियादी व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दिये मुरैना में आयोजित एक बैठक में आज विशेष प्रेक्षक मृणाली क्रांतिदास ने चुनाव तैयारियों की समीक्षा की

राजगढ़ जिले के ब्यावरा सीट पर उपचुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ई पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है कलेक्टर के फेसबुक पेज पर प्रविष्टियां भेजी जा रही है उधर दतिया जिले के भांडेर में भी विभिन्न गतिविधियों के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है चुनाव कार्रवाई निर्वाचन आयोग ने अशोकनगर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को हटा दिया है कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी अभय वर्मा और एसपी रघुवंश सिंह भदोरिया पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कल धरना प्रदर्शन किया गया था इस मामले में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात की थी आयोग के आदेश पर दोनों का स्थानानंतरण करते हुए प्रियंका दास को जिला निर्वाचन अधिकारी और तरुण नायक को एसपी नियुक्त किया गया है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी के मिले जुले प्रयासों से मृत्युदर में भी काफी कमी आई है जो इस समय लगभग डेढ़ प्रतिशत है

जन आंदोलन उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दिशा प्रणय नागवंशी ने प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में लोगों से कोरोना से बचाव के उपायों का पालन करते हुए मतदान की अपील की है साथ ही उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केन्द्रों पर मास्क सैनेटाइजर उपलब्ध कराये जायेंगे

हालांकि यह पर्व दो तिथियों में पड़ने के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में कल भी दशहरा मनाया गया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को विजयमादशमी की बधाई दी है

भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शस्त्र पूजा की इस दौरान श्री चौहान ने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की देवास से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आयोजित मुख्य समारोह में रावण के पुतले को मास्क पहनाकर कोरोना से बचाव का संदेश दिया गया

जबलपुर में कोरोना संक्रमण का कारण रामलीला का मंचन नहीं किया जा रहा है हालांकि दशानंद के पुतले का दहन किया जायेगा गुना में इस अवसर पर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने शस्त्र पूजन की

इस दौरान उन्होंने बड़ी मॉ देवी मंदिर पहुंचकर प्रजन अर्चन किया और देश के सुख समृद्धि की कामना की इसके बाद श्री पटेल ने अपने संसदीय क्षेत्र के निवासियों से मुलाकात की श्री पटेल ने पूर्व वित्तमंत्री जयंत कुमार मलैया के निवास पर पहुंचकर उनके पिता स्व विजय मलैया को श्रद्वांजलि दी और अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की उधर केंद्रीय मंत्री थावरचंद गेहलोत ने नीमच जिले में स्थित भादवा माता के दर्शन किए

सीसी रोड निर्माण की लगातार मिल रही शिकायतों और हाल ही में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा निरीक्षण के दौरान सड़क निर्माण की गुणवत्ता निम्न स्तर की मिलने के बाद कलेक्टर ने यह निर्देश दिए है